ऐसे में कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ की सरकार किसानों को गुमराह कर रही है बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में जयंत मलैया ने यह भी जानकारी दी कि बीजेपी सरकार के दौरान एफआरबीएम एक्ट का पालन करते हुए ही कर्ज लिया गया था पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा की वित्तीय उपलब्धियों को भी गिनाया

श्री सलूजा ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में किसानों को छला गया लेकिन श्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद संमालते ही अपने वादे को पूरा करते हुआ उनका कर्ज माफ कर दिया उन्होंने भाजपा पर सिर्फ बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री के कर्ज माफी के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हये कहा कि श्री नाथ ने दस दिन की जगह यह महत्वपूर्ण निर्णय दस घंटे से भी कम वक्त में ले लिया एनेक्सी लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भोपाल स्थित राज्य मंत्रालय के वल्लभ भवन की नवनिर्मित एनेक्सी भवन का लोकार्पण किया

भवन में पाँच मंजिलें हैं

मुख्यमंत्री सचिवालय पाँचवी मंजिल पर स्थित है अतिथि शिक्षक प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है चुनाव की वजह से नियुक्ति पर न्यायालय से रोक हटने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिये हैं

बालरंग भोपाल में कल से राष्ट्रीय बालरंग शुरू हो रहा है

इसमें कल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ होंगी

लोक नृत्य प्रतियोगिता में जो संभाग प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वह मध्यप्रदेश की ओर से राष्ट्रीय बालरंग प्रतियोगिता में लोक नृत्य की प्रस्तुति देगा मौसम प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ तीव्र चक्रवाती तूफान पेत्थाई के प्रभाव के चलते पूर्वी मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर आज हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट नरसिंहपुर जबलपुर मंडला डिंडौरी कटनी उमरिया शहडोल औरअनूनपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों में आने वाले जिलों के साथ ही पन्ना सतना छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में कहीं कहीं देर रात से सुबह के समय तक कोहरे के आसार हैं

डिण्डोरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में दिनभर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा जिससे ठंड में और इजाफा हो गया वहीं उमरिया में भी कल दिन में जहां हल्की ब्रंदाबादी हुई वहीं शाम को झमाझम बारिश हुई मौसम विभाग ने सागर संभाग में आने वाले जिलों के अलावा दतिया शिवपुरी ग्वालियर और अशोकनगर जिले में शीतलहर की चेतावनी दी है

खण्डवा कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में योजनाओं के संचालन में तेजी लाने को कहा है